आकाशावाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आम आदमी ने देश में जबरदस्त बदलाव को महसूस किया है और लोगों को आशा की नई किरण दिखाई दे रही हैं उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान दुनिया को अनेक मुसीबतों से गुजरना पडा लेकिन हमने इस संकट से भी एक सबक भी सीखा है और अपनी क्षमताओं का भरपूर विकास किया है जब जनता कर्फ्यू जैसा अभिनव प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना जब ताली थाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वारियर्स का सम्मान किया था एकजुटता दिखाई थी उसे भी कई लोगों ने याद किया है साथियो देश के सामान्य से सामान्य मानवी ने इस बदलाव को महसूस किया है मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रवाह भी देखा है चुनौतियां खूब आई संकट भी अनेक आए कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आईं लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए देश में नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नए साल पर अनेक संकल्प लेते हैं और इस साल हमें जो संकल्प लेना है वह निश्चय ही देश के लिए होना चाहिए उन्होंने कहा कि आज समय आ गया है जब हमें श्रेष्ठ गुणवत्ता का सामान तैयार करना है उन्होंने स्टार्टअप्स और उद्यमियों से भी इस दिशा में कार्य करने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा जीवन तब तक ऊर्जा से भरा रहता है जब तक जीवन में जिज्ञासा की भावना होती है और सीखने की भावना कभी खत्म नहीं होती प्रधानमंत्री ने नववर्ष के सिलसिले में देशवासियों को शुभकामनाएं भी दीं लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार युवाओं से बातचीत करेंगे इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक पांच शून्य दो और पांच शून्य तीन पर अट्ठाईस उनतीस और तीस दिसंबर को दोपहर तीन से चार बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की चौदहवीं कड़ी का प्रसारण आगामी दस जनवरी को किया जाएगा इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से ग्यारह बजे तक किया जाएगा हमर ग्राम सभा प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे मुख्यमंत्री घासीदास जयंती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक के लिए राज्य सरकार की योजनाओं की पहंच सुनिश्चित हो इसके लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि विकास का मतलब पुल पुलिया सड़क बिल्डिंग नहीं बल्कि शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार है आज सिमगा में गुरू घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं से प्रदेश में उद्योग लगाने का आव्हान किया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले जमीनें सस्ती हैं तथा राज्य सरकार की उद्योग नीति सबसे बेहतर है इसलिए उद्योगपतियों और नये उद्योग लगाने वालों को आगे आना चाहिए इधर जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में आयोजित गुरू घासीदास जयंती कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा घासीदास के संदेशों और उनके आदर्शों को आत्मसात करने के लिए राजधानी रायपुर में शोधपीठ और संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा साथ ही पंथी नर्तक देवदास बंजारे के नाम से पुरस्कार भी दिया जाएगा इसके अलावा मिनीमाता के नाम से पीपीपी मॉडल के तहत प्रदेशभर में डाग्नोस्टिक सेंटर खोला जाएगा श्री बघेल ने किसानों को अगले साल भी बोनस देने की घोषणा की इससे पहले मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर बाबा घासीदास के चित्र पर मार्ल्यापण किया और जैतखाम की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की कोरोना समाचार छत्तीसगढ़ में कल कोरोना से संक्रमित एक हजार पैंतालीस नये मरीज मिले हैं इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या दो लाख चौहत्तर हजार को पार कर गई है प्रदेश में वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या चौदह हजार से अधिक है जबकि दो लाख संतावन हजार से अधिक मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं इस बीच रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए अब तक दो लाख से अधिक सैंपलों की आरटी पीसीआर जांच की जा चुकी है स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त और चिकित्सा शिक्षा विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर सीआर प्रसन्ना ने बताया कि बाईस सैंपलों की जांच से शुरू हुए रायपुर मेडिकल कॉलेज के लैब में वर्तमान में पंद्रह सौ सैंपलों की हर दिन जांच की जा रही है इस बीच प्रदेश में कोरोना टीकाकरण को लेकर तैयारियां जारी हैं महासमुंद जिले में कोरोना टीकाकरण के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है इसके लिए मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया गया है वहीं जिले में विकासखंड स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां टास्क फोर्स की नियमित बैठक हो रही है इसके अलावा नये कोल्ड चैन प्वॉइंट में उपकरण भी उपलब्ध करा दिए गए हैं साथ ही आगामी दो जनवरी को टीकाकरण की तैयारी के लिए मॉकड्रिल किया जाएगा सडक यातायात मान्यता अवधि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए सड़क यातायात के लिए जरूरी कागजात जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वाहन पंजीकरण और अन्य अनुमतियों की अवधि इकतीस मार्च तक बढ़ा दी है मंत्रालय ने आज इस संबंध में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए हैं मंत्रालय ने इससे पहले भी सभी दस्तावेजों की अवधि इस वर्ष तीस मार्च नौ जून और चौबीस अगस्त को बढ़ाई थी दिशा निर्देशों में कहा गया था कि वाहन की फिटनेस सभी तरह की अनुमतियां लाइसेंस पंजीकरण और अन्य संबंधित दस्तावेजों कि वैधता की अवधि इस वर्ष इकतीस दिसम्बर तक मानी जाएगी नए दिशा निर्देशों के अनुसार इन दस्तावेजों को अब इकतीस मार्च तक वैध माना जाएगा इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल होंगे जिनकी मान्यता अवधि एक फरवरी दो हजार बीस से लेकर इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस तक समाप्त होगी सीबीएसई परीक्षा तिथि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष दो हजार इक्कीस के लिए परीक्षाओं की तारीख इस महीने की इकतीस तारीख को घोषित की जाएंगी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट कर कहा कि वह इकतीस दिसंबर को बोर्ड परीक्षाओं की तारीख घोषित करेंगे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 हालांकि इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम में देरी की गई है श्री पोखरियाल ने हाल ही में बताया था कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के बाद ऑफलाइन तरीके से आयोजित की जाएंगी

साथ ही डोंगरगढ़ को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर पालिकाओं की श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा यह पुरस्कार आगामी एक जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रदेश को एक आभासी समारोह में प्रदान किया जाएगा गौरतलब है कि बीते दो वर्षो में प्रदेश को चौबीस से अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं

मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और जिला पुलिस बल का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान बासागुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत घेराबंदी कर तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया सुरक्षा बलों ने इनके पास से विस्फोटक बैटरी बैनर वर्दी और माओवादी साहित्य बरामद किया है उड़ान सब उड़ें सब जुड़ें बिलासपुर सांसद अरूण साव ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर बिलासपुर भोपाल के लिए नियमित विमान सेवा शुरू करने की मांग की है उन्होंने केन्द्र सरकार की उड़ान सब उड़ें सब जुड़ें योजना के तहत बिलासपुर प्रयागराज बनारस को भी इसमें शामिल करने का आग्रह किया है साथ ही बिलासपुर स्थित चकरभाठा विमानतल को फोर सी लाइसेंस के हिसाब से तैयार करने राज्य सरकार को निर्देशित करने का भी आग्रह किया है निधन सीएम शोक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बड़े भाई अशोक सिंह का नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया स्वर्गीय अशोक सिंह का अंतिम संस्कार आज रायपुर के देवेन्द्र नगर मुक्तिधाम में किया गया उनके निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और उनके परिजनों को संबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है वहीं अविभाजित मध्यप्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता झितरूराम बघेल का आज जगदलपुर में निधन हो गया उनके निधन पर मुख्यमंत्री ने शोक प्रकट किया है इस बीच आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक लाल रामकुमार सिंह का कल रात खैरागढ़ में निधन हो गया चौरासी वर्षीय लाल रामकुमार सिंह ने वर्ष उन्नीस सौ इकहत्तर से उन्नीस सौ पंचानवे तक आकाशवाणी रायपुर में उद्घोषक के रूप में अपनी सेवाएं दीं

उनके निधन पर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया है अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी के पर्याय रहे लाल रामकुमार सिंह सिर्फ रेडियो के उदघोषक ही नहीं थे बल्कि छत्तीसगढी संस्कृति और गीत संगीत के ज्ञाता भी थे वहीं मुख्यमंत्री ने स्वाधीनता सेनानी समाज सुधारक और साहित्यकार पंडित सुंदरलाल शर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है स्वर्गीय शर्मा की पुण्यतिथि कल अट्ठाईस दिसंबर को है श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ के लिए किए गए उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि पंडित शर्मा प्रदेश में जन जागरण और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे दिग्विजय सिंह प्रवास अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अपने एकदिवसीय प्रवास पर आज दर्ग पहंचे इस दौरान श्री सिंह ने कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की उन्होंने श्री वोरा के परिजनों से मिलकर दिवंगत नेता के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की इस मौके पर विधायक अरूण वोरा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे इसके बाद श्री सिंह भिलाई के ख्र्सीपार में कांग्रेस सेवादल के कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फरहाया कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे

इसके तहत डिप्लोमा इन फिशरीज साईंस की संस्था दुर्ग जिले के राजपुर और धमधा में वहीं डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी की संस्था तखतपुर और बेमेतरा में स्थापित की जाएगी डिप्लोमा इन फिशरीज में प्रवेश के लिए भौतिक रसायन और बायोलॉजी विषय के साथ राज्य के बारहवीं उत्तीर्ण छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं वहीं डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदक को गणित भौतिकी और रसायन विषय के साथ बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए इन पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तीस दिसंबर है इस संबंध में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी गई है मोबाइल दान एक मोबाइल का दान शिक्षा के लिए वरदान अभियान के तहत रायगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने साठ मोबाइल फोन बच्चों को वितरित किया इस दौरान एसपी ने बच्चों से उनकी पढाई लिखाई के संबंध में जानकारी भी ली उन्होंने बच्चों को स्मार्ट फोन का उपयोग कर पढ़ाई लिखाई और उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गौरतलब है कि जिले के ऐसे बच्चे जो स्मार्ट फोन के अभाव में ऑनलाइन क्लास का लाभ नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए कलेक्टर भीम सिंह की पहल पर एक मोबाइल का दान शिक्षा के लिए वरदान अभियान चलाया जा रहा है संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों की ग्णवत्ता परखने वाले विशेषज्ञों की राज्य स्तर पर सूची बनाने के लिए इकतीस दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं महासमुंद में जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन उनतीस दिसंबर को किया जाएगा इस प्रतियोगिता में अट्ठारह से पच्चीस वर्ष के युवा भाग ले सकते हैं चयनित उम्मीदवारों को राज्य और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा गौरेला पेण्ड्रा मरवाही पुलिस द्वारा तुंहर पुलिस तुंहर दुआर अभियान के तहत जिले के वनांचल में बसे गांवों में शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया महासमुंद जिले की पिथौरा थाना पुलिस ने नकली नोट छापने और चलाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार कर इनके पास से चार लाख बत्तीस हजार रूपये से अधिक के मूल्य वाले नकली नोट बरामद किए हैं महासमुंद जिले के तिलईदादर सल्डीह कुड़ेकेल और चिवराकटा गांव से एक सौ उन्नीस बोरा धान जब्त किया गया है इस मामले में चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है

कार्यक्रम में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत भी शामिल हुए

इस दौरान यात्रा का महापौर सहित स्थानीय लोगों ने स्वागत किया

इन सभी को बस्तर जिले के डिमरापाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है

युवक के पास से दस किलो गांजा जब्त किया गया है